म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रतिया और सिरसा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर किसानों से सीधा संवाद किया

केन्द्र सरकार मौज़दा परिस्थितियों के मददेनज़र आगामी शैक्षणिक सत्र का पाठ्यक्रम और संत्र की अवधि कम करने पर विचार कर रही है केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बह्त से निवेदन सरकार के पास आये है

आय्ष मंत्रालय मोरार जी दसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के लिए एक टेलीविज़न कार्यक्रम करवायेगा जो कार्यक्रम कल शाम सात बजे डी डी न्यूज़ पर प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के फेसबूक पेज पर भी उपलब्ध रहेगा यह कार्यक्रम अंतर राष्ट्रीय योग दिवस से दस दिन पहले करवाया जा रहा है इस अवसर पर आयुष मंत्री श्रीपद नायक केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और भारतीय सांस्कृतिक सम्बध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्र बधे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे

लोगों को अपने घरों में रह कर योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रतिया और सिरसा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर किसानों के साथ सीधा संवाद किया

रतिया में प्रगतिशील किसानों के साथ सवांद के दौरान उन्होने बताया कि सरकार एसवाईएल नहर व हांसी ब्टाना नहर में पानी लाने के गंभीर प्रयास किया जा रहे है इसके अलावा उत्तराखंड में लखवार डैम व रेणुका बांध परियोजना सहित अन्य माध्यमों से पानी लाने की योजना प्रगति पर है लेकिन फिलहाल अपने पास उपलब्ध पानी के उचित इसतेमाल की ओर ध्यान देना होगा

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों दवारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है उन्होंने कहा कि भू जल स्तर को बचाये रखने के लिए सरकार ने राज्य के धान बिजाई वाले क्षेत्रों में लाख हेक्टेयर भूमि पर मक्का कपास दलहनी फसले बाजरा और फल सब्जी उगाने का लक्ष्य रखा है

सिरसा में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आठ खंडो में मेरा पानी मेरी विरासत योजना सभी किसानों के लिए लागू की गई है लेकिन बाद में किसानों की समस्याओं को देखते हये इसे इसे स्वैच्छिक बना दिया गया विपक्ष दवारा इस योजना के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है

मुख्यमंत्री ने धान की सीधी बिजाई पर बल देते हये कहा कि नहरी या बरसाती पानी से धान की रोपाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है

श्री विज ने कहा कि हरियाणा की धरती से कबूतरबाजी जैसे गोरखधंधे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा जिसके लिए हाल ही में राज्य स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी एवं जांच करने के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है

एसआईटी प्रमुख श्रीमती भारती अरोड़ा ने बताया कि इस संबंध में टीम को सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है

ये लोग दिल्ली व हिमाचल प्रदेश होकर आये थे इनके सम्पर्क में आने वालों की भी जांच की जायेगी

सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने बताया कि फर्कप्र के मरीज़ नोएडा व दिल्ली होकर आये थे

हमारे संवाददाता ने बताया कि दडिय़ा मे चार वर्षीय एक बच्चा कोरोना पोजिटिव पाया गया है वह पहले से कोविड पोजिटिव पाये गये व्यक्ति का बेटा है

पंचकला से हमारी संवाददाता ने बताया कि शक्तिपीठ में दर्शन के लिए ऑन लाइन आवदेन करने वालों को ई टोकन के माध्यम से दर्शन करवाये जा रहे है